महापर्व को देखते हुये प्रदेशभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि हम सभी भाईचारा और प्रेमपूर्वक इस त्योहार को मनायें ताकि हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक परम्परा और राष्ट्रीय एकता सुद्रढ़ और मजबूत हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई देते हुये दशहरा के पुनीत अवसर पर साम्प्रदायिक और सामाजिक सद्भाव बनाये रखने की अपील की है इधर राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं शाम चार बजे से पुतला दहन कार्यक्रम शुरू होगा इसको लेकर गांधी मैदान में पहुंचने वाली भीड़ को व्यवस्थित बनाये रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किये हैं गांधी मैदान में प्रवेश के लिए दोपहर एक बजे सभी गेट खोल दिये जायेंगे गांधी मैदान में सत्रह वाच टावर लगाये गये हैं जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं जिसके माध्यम से भीड़ पर नजर रखी जायेगी प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पीएमसीएच समेत पटना के विभिन्न अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है अग्निशमन विभाग सहित अन्य एजेंसियों को भी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है इधर जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि प्रतला दहन और मूर्ति विसर्जन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किये गये हैं केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राष्ट्रीय महिला आयोग से कहा है कि जब भी कोई शिकायतकर्ता कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत लेकर उनके पास जाए तो वे उसका तत्काल निपटान करने के लिए प्रत्येक मामले की जांच करें श्रीमती गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएं अगर चाहें तो महिला आयोग के पास जा सकती हैं उन्होंने कहा कि वे एनसीडब्ल्यू डॉट मीटू एट द रेट जीमेल डॉट कॉम पर अपनी शिकायत ई मेल भी कर सकती हैं सीबॉक्स डॉट एनआईसी डॉट इन पर भी महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकती हैं नेताजी सूभाष चन्द्र बोस की आजाद हिंद सरकार की पचहत्तरवीं वर्षगांठ की स्मृति में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को लालकिले में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए यह जानकारी दी

जिसने देश की सेवा की उनका सम्मान होना चाहिए

सेलूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सीओएआई ने कहा है कि जिन ग्राहकों ने अपनी पहचान की पुष्टि के लिए आधारकार्ड का विवरण देकर मोबाइल नंबर लिए हैं यदि अब वे टेलीकॉम कंपनियों से अपने आधार का विवरण हटाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अपनी पहचान के अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे दस्तावेज बदलने की इस अवधि में उनके मोबाइल काम करते रहेंगे सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा कि उनकी संस्था के सदस्य सदा द्रसंचार विभाग के आदेशों का पालन करते हैं और वे उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी पूरी तरह पालन करेंगे सरकार ने भी यह स्पष्ट किया है कि आधार का इस्तेमाल करके जिन लोगों को मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराए गए हैं उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भी उनके बंद होने का कोई खतरा नहीं है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा इस महीने की छब्बीस तारीख तक फोन लाइनें खुली रहेंगी इसके अलावा लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे कर एसएमएस से प्राप्त लिंक से भी सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने बिहार के इनामी अपराधी संजय सिंह को गिरफ्तार किया है संजय सिंह हथियार तस्कर के रूप में कुख्यात रहा है और उसके नक्सलियों के साथ भी संबंध रहे हैं बिहार पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था उसके पास से इंसास एसएलआर और अन्य हथियारों के दर्जनों कारतूस मिले हैं बिहार पुलिस जल्द ही गिरफ्तार आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गयी है बिना विलंब शुल्क के पांच नवम्बर तक पंजीकरण करवाया जा सकेगा सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को रजिस्ट्रेशन के समय आधार नंबर देना जरूरी नहीं है बोर्ड ने परीक्षा के लिए विषयों का समूह भी बना दिया है फार्म में भरे गये पहले पांच विषय मुख्य विषय माने जायेंगे बोर्ड ने छात्रों को छठे विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में भरने का सलाह दी बिहार स्टेट मदरसा एज्केशन बोर्ड फौकानिया और मौलवी का परीक्षा परिणाम अगले माह के दूसरे हफ्ते तक जारी कर देगा बोर्ड के सचिव मोहम्मद जाहिद हुसैन ने बताया कि उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन पच्चीस अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखण्ड के पानापुर स्थित प्रसिद्ध भष्मी देवी मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभागीय स्तर पर जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी भागलपुर के बरारी हाउसिंग कॉलोनी स्थित विदेश मंत्रलाय के प्रवक्ता रविश कुमार के घर से चारों ने लगभग दस लाख रूपये मूल्य की सम्पत्ति चुरा ली घटना के समय घर में कोई नहीं था कैमूर जिले के चैनपुर थाना में पदस्थापित दारोगा जफर इमाम का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के पोआरी गांव में देर शाम अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी वहीं अररिया के सिकटी थाना क्षेत्र अन्तर्गत भपटियाही गांव में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के हुसैन दियारा गांव में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गयी वहीं जिले के चकिया और मेघोल में अलग अलग हादसों में दो बच्चों की मौत की खबर है

मुंगेर सदर अस्पताल में एक महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुये अस्पताल में जमकर तोड़ फोड़ की

महापर्व को देखते हुये प्रदेशभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम